प्रदेशवासियों को नए साल से पहले मिल सकता है बर्फबारी का तोहफा प्रदेश में शीत लहर जारी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

उन्होंने कहा कि कई देशों में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड के पचास हजार से अधिक मामले हैं लेकिन भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर सात हजार तीन सौ मामले हैं जो विश्व में सबसे कम है भूषण ने कहा कि देश में प्रति दस लाख आबादी पर मृत्यु दर भी विश्व में सबसे कम है

उन्होंने कहा कि इससे घबराने की नहीं है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है उन्होंने कहा कि नये टीके की क्षमता पर इसका कोई असर नहीं पडेगा

इनमें से दो मौतें आज कांगड़ा जिला में हुई

वीरभद्र सिंह ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि सरकार के इस निर्णय से साफ हो गया है कि भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की विरोधी है वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं लेकिन सरकार आज इन्हें बंद कर संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रही है उन्होंने ये भी कहा कि आज कोरोना महामारी के इस काल में जहां दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है वहीं सरकार इन्हें कमजोर करने में जुटी है उन्होंने जनहित में इस फैसले को तुरंत रद्द करने की मांग की राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज अपने परिवार सहित शिमला के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर जाखू के दर्शन किए और पूजा अर्चना की राज्यपाल रोप वे के माध्यम से जाखू पहुंचे बंडारू दत्तात्रेय ने इस मौके पर कहा कि जाखू श्रद्वा का केन्द्र ही नहीं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों का आवाहन किया है कि वह प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच ले जाएं राठौर आज लाहौल स्पिति और किन्नौर जिला के पार्टी पदाधिकारियों को वर्च्अल माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने को कहा राठौर ने बूथ कमेटियों का गठन जल्द पूरा करने को कहा ताकि पार्टी के सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से पूरे हो सकें इस बीच प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज एक श्रद्वांजलि सभा का भी आयोजन किया गया जिसमें पार्टी के दिवंगत नेता मोती लाल वोहरा को पुष्पांजलि अर्पित की गई फायरिंग राज्य सीआईडी ने पुलिस फायरिंग रेंज अश्वनी खड़ड में पुलिस अधिकारियों कमांडों और पी एसओ के लिए दो दिवसीय वार्षिक वर्गीकरण फायरिंग अभ्यास प्रशिक्षण आयोजित किया

भाजपा प्रदेश भाजपा ने चार जिलों में जिला परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि अगले दो दिनों में शेष सभी जिलों के जिला परिषद प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी जाएगी

बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्य कार्यक्रम शिमला के गेयटी थियेटर में होगा

आज नाहन में जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उच्च स्वास्थ्य केन्द्र में किया जाएगा और इसके लिए समी स्वास्थ्य केन्द्रों को चिन्हित कर लिया गया है नियुक्तियां कांगड़ा और हमीरपुर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने आज अपने अपने जिलों में पंचायत जिला परिषद और जिला समिति चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आदेश जारी करते हुए कहा कि विकास खण्ड अधिकारियों को सहायक निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी और सैक्टर अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है हमीरपुर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी देवश्वेता बनिक ने कहा कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सभी जिला और संबंधित एसडी एम अपने अधिकार क्षेत्र में पंचायत चुनावों के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं नई पहल लाहौल स्पिति जिला प्रशासन ने जिले में इंसानों और आवारा कुत्तों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है उपायुक्त पंकज राय ने आज केलंग में कहा कि जिला प्रशासन ने आवारा कुत्तों को गोद लेने के लिए एक योजना बनाई है इसके तहत एक आवारा कुत्ता गोद लेने पर जिला प्रशासन संबंधित व्यक्ति अथवा परिवार को साल में रसोई गैस का एक सिलेण्डर निशुल्क उपलब्ध करवाएगा उन्होंने ये भी कहा कि जिले में आवारा कृत्तों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अगली गर्मियों में नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा मौसम नए वर्ष से पहले प्रदेशवासियों को वर्षा व बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमानों के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है

इसी बीच राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी है